प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का किया उद्घाटन

अब तक राज्य में लगभग छिहत्तर हजार लोगों का हो चुका है टीकाकरण और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन न सिर्फ नेताजी का जन्म हुआ था बल्कि देश की आजादी की लड़ाई के एक नये अध्याय की भी शुरूआत हुई थी

उन्होंने देशवासियों से नेताजी के देश प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरणा लेते हुये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में जुट जाने की अपील की

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने नेताजी की निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस की भावना के सम्मान में हर साल तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की श्री कोविंद ने कहा कि नेताजी ने अपने असंख्य समर्थकों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई उपराष्ट्रपति ने महान स्वतंत्रता सेनानी और द्रदर्शी नेता सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुये कहा कि उन्होंने साहस द्रढ़ निश्चय और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी इधर प्रदेश में भी नेताजी की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं पटना के गांधी मैदान के पास आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुभाष चन्द्र बोस के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पराक्रम दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर नेताजी जी को याद किया जा रहा है शेखपुरा में इस अवसर पर रक्त दान शिविर का आयोजन हुआ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म आज ही के दिन अठारह सौ संतानवे में ओडिसा के कटक में हुआ था

द्रदर्शन और आकाशवाणी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से अब से थोड़ी देर बाद नेताजी के जीवन पर आधारित एक विशेष रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण किया जायेगा प्रदेश में आज दो सौ बहत्तर टीकाकरण केन्द्रों पर बारह हजार तीन सौ इक्यावन स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड के टीके दिये गये अब तक राज्य में लगभग छिहत्तर हजार लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज किसी भी टीका लेने वाले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा पश्चिम चम्पारण जिले के लौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक मोहम्मद अब्दुल गनी ने कहा कि उन्होंने स्वयं टीका लिया है और उन्हें किसी प्रकार प्रतिकूल असर नहीं हुआ

पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ तीन रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचपन हजार सात सौ इकतालीस हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ उनचास नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार सात सौ छियासठ हो गयी आज सबसे अधिक पटना से साठ मामले सामने आये हैं छह जिलों से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ अड़तालीस है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेतहर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है श्री प्रसाद को निमोनिया हुआ है रिम्स के चिकित्सकों की आठ सदस्यों की टीम ने राजद अध्यक्ष की विभिन्न जांच रिपोर्टों के आधार पर उन्हें दिल्ली एम्स भेजने की सलाह दी थी जेल प्रशासन ने लालू यादव को इलाज के लिए एक महीने का समय दिया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर दो सौ मीटर से पचास मीटर के बीच बने रहने की आशंका है मौसम वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों तक दिन के तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है हालांकि रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वाले छत्तीस हजार आठ सौ तेईस किसानों की पहचान हुई है ये सभी आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे कृषि विभाग के अनुसार चिन्हित लोगों को नोटिस जारी कर तय समय सीमा के अंदर योजना के तहत मिली राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है जो किसान पैसे वापस नहीं करेंगे उनके विरुद्ध सटिर्फिकेट केस दर्ज होगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता में साल भर चलने वाले समारोहों का किया उद्घाटन

अब तक राज्य में लगभग छिहत्तर हजार लोगों का हो चुका है टीकाकरण और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की

हम इस समाचार बुलेटिन को आजाद हिन्द फौज के उस गीत के साथ समाप्त करते हैं जिस गीत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारत की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिले